आगामी तीन दिनों में जयपुर बीकानेर अजमेर उदयपुर भरतपुर और कोटा संभागों में कहीं कहीं आंधी और हल्की बारिश की संभावना कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते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

चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से राजस्थान को केवल तीन लाख संभावित डोज मिलर्न जा रही हैं उनका उपयोग प्रदेश के उन शहरों में सबसे पहले किया जाएगा जहां संक्रमण अधिक है ये शहर हैं जयपुर जोधपुर अजमेर बीकानेर उदयपुर अलवर धौलपुर भीलवाडा कोटा सीकर और पाली

इस बीच प्रदेश में सभी जिलों में कोविड वैक्सीनेशन जारी है ब्रूंदी में पात्र जन उत्साहपूर्वक टीकाकरण केन्द्रो में पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं

टीका केन्द्रों पर लोग सरकारी गाइडलाइन की पालन करते हुए पहुंच रहे हैं

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि एक करोड से अधिक कोविड टीके अब भी राज्यों के पास उपलब्ध हैं मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को अगले तीन दिन में लगभग बीस लाख वैक्सीन मिल जाएंगी

उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से आग्रह किया कि वे अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में लोगों के सम्पर्क में रहें उनकी सहायता करें और उनसे सुझाव लें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

हमारे संवाददाता ने कोरोना से जंग जीतने वाले कुछ लोगों से बात की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

ब्रंदी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अमानुल्लाह खन ने जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया भरतपुर में कोरोना के बढते प्रभाव के मद्देनजर जिला प्रशासन के साथ साथ निजी संस्थाएं भी कोरोना से बचने के लिए लोगों को जागरुक कर रहे हैं

राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है

देश भर में गर्भवती महिलाएं रात दिन किसी भी समय इस नम्बर पर आयोग से संपर्क कर सकती हैं

राज्यपाल और क्लाधिपति कलराज मिश्र ने इस बारे में आदेश जारी कर दिये हैं

मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी तीन दिनों में जयपुर बीकानेर अजमेर उदयपुर भरतपुर और कोटा संभागों में कहीं कहीं आंधी और हल्की बारिश की संभावना है